इससे चंबल नदी के किनारे बसे इलाकों में पानी भर गया है हमारे संवाददाता ने बताया कि नगर निगम और एसडीआरफ की टीमें पानी में फंसे लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही हैं

कोटा बैराज से पानी छोड़े जाने की वजह से ही धौलपुर में भी चंबल नदी में जलस्तर बढ़ रहा है जिला प्रशासन ने इसे देखते हुए चंबल के किनारे बसे गांवों में हाई अलर्ट जारी किया है करौली जिले में भी चंबल नदी के किनारे मंडरायल के पास के गांव में भी चौकसी बढ़ा दी है उधर ब्रंदी जिले में भारी बारिश के चलते नैनवा कस्बे का जिला मुख्यालय से संपर्क ट्ट गया है इससे नैनवा से बूंदी का आवागमन पूरी तरह बाधित है वहीं नैनवा उपखंड के जजावर और खोड़ी गांव में पानी भरने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है

इस बीच झालावाड़ जिले में भी कई निचले इलाको में बारिश का पानी भर गया है उधर बीसलपुर बांध में लगातार हो रही पानी की आवक के चलते पानी की निकासी की जा रही है

इसमें से चार हजार स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र इस वर्ष बनाए जाएंगे आयुष मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने कल नई दिल्ली के एक अस्पताल में यूनानी मेडिकल सेंटर और सिद्ध क्लीनिकल रिसर्च यूनिट के उद्घाटन के बाद यह जानकारी दी

इस सम्मेलन में विश्वभर से नौ हजार से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया

नई दिल्ली में श्री जावड़ेकर ने कहा कि यह सामुदायिक रेडियो स्टेशन अगले छह महीनों में शुरू हो जायेंगे

उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र भूमि बैंक बनाने और भौतिक तथा सामाजिक संरचना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा

धीरे धीरे अन्य विभागों की योजनाओं को भी इससे जोड़ा जाएगा

राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति जयपुर के सदस्य सचिव अशोक जैन ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक वसूली प्रकरण चैक अनादरण मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा पारिवारिक विवाद तथा राजस्व मामलों सहित अन्य सामान्य प्रकरण रखे जाएंगे श्री जैन ने बताया कि इस बार राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए कुल दो लाख साठ हजार प्रकरण चिन्हित किये गए हैं

कृषि मंत्री लालचन्द कटारिया ने कल जैसलमेर में विभागीय अधिकारियो की समीक्षा बैठक में कहा कि सूचना तंत्र इतना मजबूत रखे कि टिड्डी की संभावित सूचना मिलते ही अधिकारी तत्काल ही मौके पर पहुंचकर इसके नियंत्रण की कार्यवाही शुरू कर दें वहीं उन्होंने रबी फसल के लिए मांग के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में डीएपी और यूरिया का स्टॉक रखने के निर्देश दिये

प्रर्वतन निदेशालय की जयपुर अंचल इकाई ने कारोबारी के जयपुर और दिल्ली में नौ ठिकानों पर छापा मारा

एस ओ जी के अंतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अनिल पालीवाल ने बताया कि इन दो आरोपियों पर पपला गुर्जर को अपने घर शरण देने का आरोप है

इस बीच प्रारंभिक जांच में लापरवाही सामने आने पर एक आरएसी के जवान को निलंबित कर दिया गया है